प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में नमस्ते ट्रम्प कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और अमेरिका के बीच बहुत गहरी दोस्ती है उन्होंने कहा कि आज का दिन दोनों देषों के बीच पारस्परिक संबंधों का एक दस्तावेज बनेगा श्री मोदी ने कहा कि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार है राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका में रह रहे भारतीयों का पूरा सम्मान किया है

वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में कई सुधार किये हैं उन्होंने कहा कि श्री मोदी कठोर मेहनत की मिसाल हैं वे एक कामयाब नेता हैं और अपने देष के लिए बेहतर काम कर रहे हैं उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत का वफादार दोस्त है और आगे भी बना रहेगा उन्होंने कहा कि अमेरिका और भारत के बीच बड़े व्यापारिक समझौते होंगे इससे भारत से अमेरिका को रिष्तों को मजबूती मिलेगी उन्होंने आंतकवाद पर अपनी बात रखते हुए कहा कि पाकिस्तान को आंतकी गतिविधियों को खत्म करना होगा

यहां से वे देर शाम में दिल्ली के लिए रवाना हो गये दिल्ली में कल हैदराबाद हाउस में श्री ट्रम्प और श्री मोदी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी दिल्ली में इस दौरान विभिन्न मुद्दों जैसे व्यापार निवेश रक्षा सुरक्षा ऊर्जा आदि पर चर्चा हो सकती है वहीं मंगलवार शाम श्री ट्रम्प राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलेंगे श्री कोविंद मेहमान राष्ट्रपति के सम्मान में रात्रि भोज देंगे इसके बाद रात में ही श्री ट्रम्प स्वदेश के लिए रवाना हो जायेंगे अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के दो दिवसीय भारत दौरे के कम में अहमदाबाद पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया उनके साथ उनकी पत्नी मेलानिया बेटी इवांका दामाद जेरेड कुश्नेक और शीर्ष अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल भी शामिल हैं

मुख्यमंत्री हेंमत सोरेन ने रामगढ़ जिले के उपायुक्त को मांडू प्रखंड के बरीसम गांव की एक वृद्वा को तत्काल वृद्वा पेंषन देने का निर्देष दिया है इस गांव के एक युवक ने मुख्यमंत्री को ट्वीट कर वृद्वा की आर्थिक तंगहाली की जानकारी दी जिस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने उपायुक्त को वृद्वा के लिए वृद्वा पेंषन के अलावा उन्हें अंम्बेडकर अवास मुहैया कराने का भी निर्देष दिया है

भारतीय जनता पार्टी के नेता बाबूलाल मरांडी को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया है आज प्रदेष भाजपा मुख्यालय में आयोजित विधायक दल की बैठक में पार्टी के महामंत्री पी मुरलीधर के समक्ष यह निर्णय लिया गया विधायक दल की बैठक में मुरलीधर राव राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओमप्रकाश माथुर और मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह समेत पार्टी के विधायक उपस्थित रहे इस दौरान नए प्रदेष अध्यक्ष को लेकर भी चर्चा की गयी नीति आयोग की प्रमुख पहल अटल नवाचार मिशन से देशभर में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा मिला है आज इस मिषन के एक साल पूरे हो गये इस मिषन के तहत स्कूलों में युवाओं में रचनात्मकता और कौशल को बढ़ावा देने के लिए अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं इस अभियान का उद्देश्य युवाओं की उद्यमिता क्षमता के उपयोग के लिए उनमें नवाचार के प्रति अभिरूचि विकसित करना है लातेहार जिले के उपायुक्त ने स्वच्छ भारत मिषन के तहत पंद्रह मार्च तक समी शौचालयों का काम पूरा करने का निर्देष दिया है

प्रधान जनगणना पदाधिकारी सह उपायुक्त शषि रंजन ने एटीसी भवन में आज चार दिवसीय प्रषिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि जनगणना के आधार पर ही उपलब्ध संसाधनों और योजनाओं का आकलन किया जाता है और बजट बनाया जाता है पीएम किसान योजना के आज एक साल पूरे हो गये इस योजना का शुभारंभ चौबीस फरवरी दो हजार उन्नीस को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक समारोह में किया था इस योजना के तहत प्रति वर्ष छह हजार रुपये की राशि को दो हजार रुपये की तीन मासिक किस्तों में प्रत्येक चौथे माह किसानों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित किया जाता है

गिरिडीह जिले के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने किसानों से प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि के साथ साथ केसीसी के लिए आवेदन करने की अपील की है

उपायुक्त ने बताया कि केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है इसी कड़ी में किसानों को सूदखोरों व महाजनों से बचाने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि की व्यवस्था की है गिरिडीह जिले में पुलिस और उत्पाद विभाग द्वारा कल शाम छापामारी की गई इस दौरान तीन अलग अलग स्थानों से लाखों रूपये मूल्य के नकली विदेषी शराब जप्त की गई है